कांकेर और बालोद जिले में बीते चौबीस घंटों के दौरान अलग अलग घटनाओं में छह बच्चों की मौत

कोरोना मरीज बीते चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित आठ नए मरीजों की पहचान की गई है ये सभी आठ मरीज कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र के रहने वाले हैं

हालांकि नौ मरीजों को संक्रमण से मुक्त होने के बाद अस्पताल से छटटी दे दी गई है इस बीच राज्य शासन ने कटघोरा के प्रभावित इलाके को पूरी तरह से सील करने के निर्देश दिए हैं साथ ही इस क्षेत्र के हर व्यक्ति का कोरोना टेस्ट कराने को कहा हैं इसके अलावा बीते बीस दिनों के दौरान कटघोरा आने जाने वाले सभी व्यक्तियों और उनसे संपर्क रखने वाले सभी लोगों की पहचान कर उन्हें क्वारेंटाइन किया जाएगा कोरोना हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निजामुद्दीन से छत्तीसगढ़ लौटे तबलीगी जमात के लापता बावन लोगों की खोजबीन करने का राज्य सरकार को आदेश दिया है आज पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और गौतम भाद्ड़ी की युगलपीठ ने अपने आदेश में तबलीगी जमात के इन बावन लोगों को पकड़कर उनकी स्वास्थ्य जांच कराने और उंसकी रिपोर्ट उच्च न्यायालय के सामने पेश करने का आदेश भी दिया है वहीं लॉकडाउन के दौरान शराब द्वकान बंद रखने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई अब तेरह अप्रैल को होगी इसके अलावा दो अन्य मामलों पर भी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को जरिये सुनवाई की गई कोरोना स्वास्थ्य पैकेज केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस से उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने और स्वास्थ्य तैयारियों के लिए पंद्रह हजार करोड रुपये के पैकेज की मंजरी दी है इसमें से सात हजार सात सौ चौहत्तर करोड रुपये कोरोना वायरस से उत्पन्न आकस्मिक स्थिति से ं तुरंत निपटने के लिए उपयोग किये जायेंगे जबकि शेष राशि मिशन मोड के तहत एक से चार वर्ष के लिए उपयोग की जायेगी पैकेज का उद्देश्य भविष्य में महामारी के प्रकोप से बचाव और तैयारियों में सहायता के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत और अनुकल बनाना है कोरोना सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकारी और गैर सरकारी सभी प्रयोगशालाओं में कोरोना मरीजों को नमूनों की जांच मुफ्त होनी चाहिए न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस संबंध में तूरंत आदेश जारी करने का निर्देश दिया है पीठ ने कहा कि किसी व्यक्ति को पैंतालीस सौ रुपये का भुगतान न करने की स्थिति में कोरोना की जांच से वंचित नहीं किया जा सकता वहीं अपने एक अन्य आदेश में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस रोगियों का इलाज कर रहे डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों के लिए समुचित व्यक्तिगत सरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं न्यायालय ने सरकार को उन सभी अस्पतालों के चिकित्साकर्मियों को आवश्यक पुलिस सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया है जहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज भर्ती हैं सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार को जरूरी वस्तुओं और घरेलू भंडार बढ़ाने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कोरोना कृषि लॉकडाउन के दौरान किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को ही किसी भी तरह की परेशानी न हो इसके लिए राज्य सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है

आकाशवाणी के साथ कृषि मंत्री की इस पूरी बातचीत का प्रसारण आज इस समाचार के पश्चात शाम साढे सात बजे प्रसारित होने वाले चौपाल कार्यक्रम में किसानवाणी के अंतर्गत सुने सकते हैं

कोरोना से जंग जनता के संग नाम के इस विशेष कार्यक्रम की तीसरी कड़ी कल सुबह साढ़े दस बजे से प्रसारित की जाएगी इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र सुबह साढे दस बजे एक साथ रिले करेंगे कोरोना राज्य खबर देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रदेशमर में हर दिन ढ़ाई लाख से अधिक जरूरतमंद लोगों को मुफ्त भोजन और आवश्यक वस्तुएं दी जा रही हैं इनमें से पचपन हजार से अधिक गरीबों के लिए मुफ्त राशन और लगभग छियालीस हजार लोगों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराया गया है इसके अलावा कशीब सवा लाख गरीब और बेसहारा लोगों को मास्क तथा सेनिटाईजर का वितरण भी किया गया है इस बीच महिलाओं और बच्चों को उनके घरों तक पोषण आहार पहंचाने की व्यवस्था की गई है इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर हितग्राहियों को सुखा राशन और प्रक पोषण आहार वितरित कर रही हैं वहीं राज्य सरकार ने प्रदेश में जिन परिवारों का राशन कार्ड नहीं बना है उनका राशन कार्ड बनाने और जिन परिवारों के सदस्यों का नाम नहीं जुड़ पाया है ऐसे छटे हए पात्र सदस्यों का नाम राशन कार्ड में जोडने के निर्देश दिए हैं खाद्य विमाग से मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन के दौरान करीब तीन हजार तीन सौ इक्कीस परिवारों को नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं वहीं करीब तीन हजार आठ सौ नब्बे सदस्यों का नाम पुराने राशन कार्ड में जोड़ा गया है इधर स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल पढ़ई तुंहर दुआर में सभी जिले के शासकीय स्कूलों के शिक्षकों और बच्चों का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए हैं साथ ही कलेक्टरों से इस योजना के संबंध में सुझाव भी मांगा गया है पत्र में कहा गया है कि कलेक्टर इसके लिए अपने जिले के प्रचार माध्यमों का भी उपयोग कर सकते हैं ऑनलाइन कक्षा लेने वाले शिक्षकों को एक कक्षा के लिए पांच सौ रूपये मानदेय दिया जाएगा वहीं बच्चों के होमवर्क का मुल्यांकन करने वाले शिक्षकों का मानदेय भी निर्धारित किया जा रहा है इस बीच राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में लॉकडाउन के दौरान फीस वसूली पर रोक लगा दी है इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए गए आदेश में कहा है कि वर्तमान स्थिति में पालकों से फीस भूगतान के लिए दबाव डालना उचित नहीं है वहीं प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अनेक नवाचारों के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है इसके लिए शिक्षकों ने पाठ्यक्रम अनुसार ऑडियो वीडियो के साथ ही शिक्षण सहायक सामग्री भी तैयार की है इसके अलावा संवाद के लिए शिक्षक बच्चों और अभिभावकों के व्हाट्सअप ग्रृप बनाए गए हैं वहीं हॉस्टल और संस्थाओं में रह रहे बच्चों को ब्रेल लिपि की शिक्षण सामग्री के साथ ही मॉडल टच मेथर्ड से जानकारी दी जा रही है

इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के पुलिसकर्भियों से बात की उन्होंने पुलिसकर्मियों को हो रही कठिनाई और उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी पुलिसकर्भियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और सोशल डिस्टिंसिंग का पालन करने को भी कहा

भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सहायता के लिए राजधानी रायपुर में हेल्प डेस्क चलाया जा रहा है इसके तहत भाजपा ने दीनदयाल रसोई योजना शुरू की है इसके तहत भाजपा कार्यकर्ताओं के आपसी सहयोग से हर दिन दो हजार भोजन के पैकेट जरूरतमंद गरीब परिवारों को वितरित किए जा रहे हैं वहीं भाजपा संगठन की ओर से कोरोना वायरस के खिलाफ चलाए जा रहे भेंट कार्यक्रम की शुरूआत नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने अपने विधानसभा बिल्हा के परसदा गांव से की इस दौरान उन्होंने परिवारों से पीएम केयर्स फंड में आर्थिक मदद भेजने का आग्रह भी किया इधर रायगढ़ जिले के जामगांव में खाद्य सामग्री का बैनर लगाकर उसकी आड़ में अवैध खनिज का परिवहन कर रही तीन गाड़ियों को प्रशासन ने जब्त कर लिया है वहीं जिला चिकित्सालय में लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए विशेष टनल लगाई गई है इसके माध्यम से लोगों को सैनिटाईज किया जाएगा उधर बिलासपुर जिले में आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के फैलाव की आशंका को देखते हुए प्रथम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को तैयार करने की योजना बनाई गई है इसके लिए उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा वहीं दुर्ग जिले में स्व सहायता समूह की पच्चीस महिलाओं ने कुछ ही दिनों में साठ हजार से अधिक मास्क तैयार कर लिया है इसमें से कुछ मास्क का वितरण आवश्यक सेवा में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को किया गया है राजनांदगांव में लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों की दुकान खोलने पर प्रशासन ने चार दुकानों को सील कर दिया है वहीं शहर के कैलाश नगर क्षेत्र में रहने वाले कुछ युवकों का समूह बीते ग्यारह दिनों से शहर के विभिन्न भागों में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्रियों का वितरण कर रहा है इस बीच रायपुर कलेक्टर ने कहा है कि खेती किसानी से संबंधित कलपुर्जे का विक्रय और इससे संबंधित स्पेयर पार्ट स की मरम्मत वाली द्वकानों को लॉकडाउन से छूट रहेगी साथ ही इन वस्तुओं के निर्माण भंडारण और परिवहन के अलावा वितरण में भी छूट दी गई है

मुख्यमंत्री ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण मस्जिदों मजारों और कब्रिस्तानों में एक साथ लोगों का एकत्र होना ठीक नहीं है श्री बघेल ने प्रदेश में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों से शब ए बारात पर अपने घर से ही फातिया और दुआ करने की अपील की है इसे दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को भी कहा है इस बीच राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलाम रिजवी ने भी मुस्लिम समाज के लोगों से बडी रात के दिन कब्रिस्तान नहीं आने की अपील की है वहीं वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के मुतवल्ली प्रबंधन प्रशासक और पदाधिकारियों से शब ए बारात पर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कब्रिस्तानों में लाईट और सभी कब्रों में फलों की व्यवस्था करने कहा है बच्चे मौत बीते चौबीस घंटों के दौरान कांकेर और बालोद जिले में छह बच्चों की मौत का मामला सामने आया है मिली जानकारी के अनुसार कांकेर जिले में आज एक ही परिवार के चार सगी बहनों की तालाब में डुबने से मौत हो गई ये समी लड़कियां रावस गांव में स्थित एक तालाब में नहाने गई थीं इस दौरान समी तालाब की गहराई में चली गईं बहत देर तक जब चारों लड़कियां घर नहीं लौटी तो परिवार वाले उन्हें खोजने के लिए तालाब की ओर गए जहां चारों लड़कियों का शव तालाब में पाया गया इन सभी की उम्र तीन से ग्यारह साल के बीच बताई जाती है इधर बालोद जिले के झलमला गांव से लापता हुए दो बच्चों में से एक का शव आज तांदुला नहर में बरामद किया गया वहीं एक बच्चे का शव कल इसी नहर में बरामद किया गया था पुलिस मामले की जांच कर रही है कोरोना एफसीआई केन्द्र सरकार ने गैर सरकारी संगठनों को भारतीय खाद्य निगम से सीधे अनाज खरीदने की अनुमति दे दी है केंद्रीय उपमोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि गैर सरकारी संगठन और परोपकारी संस्थाएँ राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान हजारों गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन तैयार कर उपलब्य कराने भें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिया गया है कि वह इन संस्थाओं को बिना ई नीलामी प्रक्रिया के मुक्त बाजार बिक्री योजना की दरों पर गेहूं और चावल उपलब्ध कराए

कबीरघाम जिले के पंडरिया थाना अंतर्गत घुद्रकुंडी और कांपादाह क्षेत्र के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों पर आज जंगली सुअर ने हमला कर दिया